श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अपने संसाधनों से राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर भी फोकस किया जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है राज्य सरकार महिलाओं के हक के लिए लगातार फैसले ले रही है उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जा रहा है जिससे बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के तेजी से अनुसंधान के लिए सरकार ने हर जिले में पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए हैं साथ ही विधवा और वुद्वावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के हनीट्रेप में फंसे भारतीय सेना के दो जवानों को खुफिया एजेंसियों ने कल जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि दोनों जवान फेसबुक और वाट्सएप के जरिए पिछले करीब डेढ़ साल से महत्वपूर्ण सामरिक जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे दोनों को विस्तृत पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया है गिरफ्त में आया एक जवान मूल रूप से मध्यप्रदेश और दूसरा ओडिशा का रहने वाला है पकड़े गए सेना के दोनों जवान पोकरण में तैनात थे अभी पोकरण में सेना का एक महत्वपूर्ण युद्वाभ्यास भी चल रहा है छट्टी पर पोकरण से जोधपूर आ रहे इन जवानों को सीआईडी की टीम ने दबोच लिया इन्हें सीधे जयपुर लाया गया है उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का मुआवजा एक सप्ताह में अदा करने के निर्देश दिए हैं इसमें विफल रहने पर अगली सुनवाई पर रक्षा संपदा के प्रधान निदेशक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा

राजसमन्द जिले के केलवाडा थाना क्षेत्र में ओडा तालाब में तीन पर्यटकों की डुबने से मौत हो गई घटना की जानकारी के बाद कल शाम गोताखोरों की मदद से दो पर्यटकों के शव निकाले गए जबकि तीसरे शव की तलाश जारी है ये तीनों कार में सवार थे और कार सहित ही तालाब में गिर गये थे बाड़मेर जिले में कल शाम सैन्य वाहन और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई सवाईमाधोपुर के दौलतपुरा गांव में सांप के काटने से एक महिला की मृत्यू हो गई जिले के ही डिडायच गांव के पास ट्रेक्टर की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई